इसके तहत पांच लाख तक की लागत के फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने हैं उन्होंने बताया कि इन एक सौ छब्बीस समितियों में फसल अवशेष प्रबंधन से सम्बन्धित यंत्रों को क्रय कर के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया जा चुका है और पंजीकृत गन्ना किसानों को न्यूनतम किराये की दर पर यह यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं उन्होंने यह भी बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित स्मैम योजना के अन्तर्गत एक सौ छब्बीस सहकारी गन्ना एवं समितियों में दस लाख तक की लागत के कृषि यंत्रों से फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने की प्रक्रिया भी गतिमान है फार्म मशीनरी बैंक से जहां एक ओर फसलों की अवशेषों का समृचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा वहीं दूसरी ओर गन्ने की खेती में अत्याधनिक कृषि यंत्रों से गन्ना किसानों की आय में वृद्धि भी होगी राज्य सरकार ने सभी मेडिकल संस्थानों को कोविड से पूर्व की भांति सभी चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने का निर्देश दिया है

देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सत्तानबे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है कल ग्यारह हजार एक सौ छः लोग कोविड से ठीक हए अब तक इस बीमारी से एक करोड छह लाख ग्यारह हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश भर में रोगियों की संख्या एक लाख सैंतीस हजार से अधिक है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में बानबे लोग इस महामारी का शिकार हुए देश में कोविड मृत्युदर एक दशमलव चार तीन प्रतिशत है जो विश्व की सबसे कम दरों में शामिल है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक देश में बेयासी लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाये जा चुके है उधर प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है राज्य सरकार ने शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं को चरणबद्द तरीके से खोलने के आदेश दिये हैं प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर अट्ठानबे प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में राज्य में तिरानबे लोगों में कोविड नाइन्टीन की पुष्टि हुयी है जबकि इस दौरान दो सौ इक्कीस लोग बीमारी से ठीक हुए हैं प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से चल रहा है

उषर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण के कार्य को तेजी से करने के आदेश दिए हैं और कहा कि टीका लामार्थियों को समय रहते टीका लगने के स्थान और समय की जानकारी दी जाए एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ डेस्कएम एस यादव उत्तराखंड के चमोली जिले में रैणी गांव तथा तपोवन स्थित एनटीपीसी परियोजना स्थल पर आई भंयकर बाढ़ को सात दिन बीत चुके हैं आज भी इन स्थानों पर बचाव और राहत कार्य तथा लापता लोगों की तलाश का काम लगातार चल रहा है आज सुबह सुरंग से पांच शवों को निकाला गया हमारे संवाददाता ने घटनास्थल से जानकारी दी है कि अब तक अड़तालीस शवों को निकाला जा चुका है एक सौ छप्पन लोग अब भी लापता हैं उन्होंने बताया कि बचाव दल फंसे लोगों को जिंदा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलह फरवरी को सुबह ग्यारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बहराइच जिले में स्थित महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे